और प्रदेश मे आज से मॉनसून एक बार फिर हो जायेगा सक्रिय

केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज ग्यारह बजे लोकसभा में वर्ष दो हजार उन्नीस बीस का आम बजट पेश करेंगी यह उनका पहला बजट होगा नरेन्द्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का भी यह पहला बजट होगा इस बीच वित्तमंत्री ने अपने कनिष्ठ सहयोगी वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर और मंत्रालय के अधिकारियों के साथ कल शाम आम बजट को अंतिम रूप दिया सरकार के वार्षिक वित्तीय वक्तव्य केंद्रीय बजट में जहां बीते वर्ष में केंद्र सरकार के आय और व्यय का ब्यौरा दिया जाता है वहीं आने वाले वर्ष में होने वाली आमदनी और खर्च का अनुमान दिया जाता है आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज केन्द्रीय बजट दो हजार उन्नीस बीस पर विशेष कार्यक्रमों का प्रसारण करेगा बजट पूर्व विचार विमर्श वित्त मंत्री के बजट भाषण का सीधा प्रसारण विशेष बजट बुलेटिन और बजट पेश किए जाने के बाद स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से चर्चा हमारे यू ट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिसियल पर सवेरे दस बजकर दस मिनट पर उपलब्ध रहेगी टवीटर हैंडल एट द रेट एआईआर न्यूज अलर्ट्स और हमारे आधिकारिक फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी दिनभर बजट से संबंधित ताजा जानकारी उपलब्ध होगी सीबीआई ने बोधगया में होटल निर्माण के नाम पर अरबों रूपये का घोटाला करने के आरोप में कंपनी के कई निदेशकों समेत तेरह लोगों पर प्राथमिकी दर्ज करायी है प्रारंभिक जांच में पटना के बोरिंग रोड स्थित सेंट्रल बैंक आफ इंडिया के साथ धोखाधड़ी करने का मामला उजागर हुआ है इधर सीबीआई ने सुजन घोटाले में शामिल भागलपुर के तत्कालीन जिला कल्याण पदाधिकारी अरुण कुमार गुप्ता की पत्नी इंदू गुप्ता को फरार घोषित किया है जांच के दौरान इंदू गुप्ता को इस मामले में संलिप्त पाया गया था सीबीआई की छह सदस्यीय टीम ने पटना में इंदू गुप्ता के आवास पर ड्रगड्गी बजायी और उन्हें फरार घोषित किया सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चयन प्रक्रिया में आयु छूट का लाभ पाने वाला आरक्षित श्रेणी का उम्मीदवार सामान्य श्रेणी की सीट पर समायोजित या स्थानांतरित करने की मांग नहीं कर सकता है न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि संविधान के अनुच्छेद सोलह चार में राज्य को अधिकार दिया है कि वह किसी पिछड़े वर्ग के नागरिकों को नियुक्तियों में आरक्षण दे सकता है जिसका वहां नौकरी में उचित प्रतिनिधित्व नहीं है मद्यनिषेध उत्पाद और निबंधन विभाग ने दारोगा की बहाली के लिए हुई प्रारंभिक लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इस परीक्षा में दो हजार छह सौ अभ्यर्थी सफल हुए हैं इधर बिहार लोक सेवा आयोग के पैंसठवें प्रारंभिक परीक्षा के लिए ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन दस जुलाई से चौबीस जुलाई तक होगा छह अगस्त तक आयोग ने ऑनलाईन फार्म भरने की तिथि निर्धारित की है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने दो हजार बीस की मैट्रिक और इंटर परीक्षा के पैटर्न में बदलाव करेगा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि अगली परीक्षा से वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में भी विकल्प दिया जायेगा केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के निर्देश के बाद राज्य के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को विटामिन डी की कमी से बचाने के लिए अब दिन में धूप के लिए कम से कम एक घंटी कक्षा के बाहर लगेगी राज्य परियोजना निदेशक संजय सिंह ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि विद्यालयों के चेतना सत्र में विटामिन डी को लेकर छात्र छात्राओं को जागरूक किया जायेगा केन्द्र सरकार ने घोषणा की कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में भर्ती के लिए परीक्षाएं अंग्रेजी और हिन्दी के अतिरिक्त तेरह क्षेत्रीय भाषाओं में कराई जायेंगी संसद के दोनों सदनों में इस आशय की घोषणा करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीमारामण ने कहा कि स्थानीय युवाओं की रोजगार संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए यह निर्णय किया गया है प्रदेश मे आज से मॉनसून सक्रिय हो जायेगा मौसम विभाग ने विभिन्न इलाकों में बारिश का अनुमान व्यक्त किया है मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में कल से अच्छी बारिश होने की संभावना है बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र से गुजर रही टर्फ लाईन के अलग अलग क्षेत्रों में बांट जाने के कारण मानसून की अनुकूल स्थितियां बनने की संभावना है मौसम वैज्ञानिक आनंद शंकर ने बताया कि राजधानी पटना सहित प्रदेश के कई हिस्सों में सात और आठ जुलाई को भारी बारिश हो सकती है मुजफ्फरपुर में एईएस यानि संदिग्ध बुखार से दो और बच्चों की मौत हो गयी है दोनों बच्चों का इलाज मूजफ्फरपूर के श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा था अब तक इस बीमारी से एक सौ अंठानवें बच्चों की मौत हो गयी है अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर सुनील कुमार शाही ने बताया कि इस बीमारी से प्रभावित जिला घोषित होने के बाद यह पहली बार होगा कि बरसात के मौसम में सभी प्राथमिक उपचार केन्द्रों पर विशेष वार्ड की व्यवस्था रहेगी पश्चिम चंपारण जिले के बगहा स्थित बाल्मिकी टाईगर रिजर्व क्षेत्र से बाघों के शहरी इलाकों में प्रवेश करने से लोगों में दहशत व्याप्त हो गया है बाघों की निगरानी के लिए वन प्रमंडल वन क्षेत्रों में चौकसी बढ़ा दी है इधर शहरी इलाके में बाघ द्वारा एक यूवक पर हमले के बाद बाल्मिकी टाईगर रिजर्व प्रशासन ने जंगल से सटे इलाकों में रेस्क्यू टीम को अलर्ट कर दिया है शराब के अवैध धंधों को रोकने में विफल साबित हो रहे पटना के पांच थानेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी

सारण के बनियापूर में आयोजित राज्यस्तरीय सब जूनियर बालिका हैंडबॉल चैम्पियनशिप का खिताब एकलव्य सीवान ने जीता लिया है फाइनल मुकाबले में एकलव्य सीवान की टीम ने सीवान जिले की टीम को ग्यारह चार से पराजित किया पटना में खेली जा रही अंडर सिक्सटीन टेनिस टूर्नामेंट के युगल वर्ग में अमृत राज और ईशान रंजन की जोड़ी फाइनल में प्रवेश किया है फाइनल में इस जोड़ी का कार्तिकेय अगासी और सुजैन की जोड़ी से होगा पटना में ग्यारह से चौदह जुलाई तक छियासठवीं राष्ट्रीय सीनियर महिला कबड़डी चैम्पियनशिप का आयोजन किया जायेगा अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने आज पेश होने वाली बजट की खबरों के साथ अन्य खबरों को भी अपनी सुर्खी बनायी है हिन्दुस्तान का शीर्षक है वित्त मंत्री आज पेश करेंगी बजट एक अन्य खबर पर अखबार लिखता है ग्रामीण बैंकों की भर्ती परीक्षा तेरह क्षेत्रीय भाषाओं में होगी दैनिक जागरण ने लिखा है मोदी सरकार का तेज विकास के लिए सुधारों पर रहेगा जोर मोदी सरकार दो का पहला बजट प्रभात खबर लिखता है विधान परिषद में उपमुख्यमंत्री का एलान अब थर्मोकोल पर भी लगेगा प्रतिबंध दैनिक भास्कर की सुर्खी है मैट्रिक इंटर में अब सौ अंकों की परीक्षा में साठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव पचास के देने होंगे जवाब एक अन्य खबर पर अखबार लिखता है सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आयु में छूट का लाभ पाने वाला आरक्षित श्रेणी का उम्मीदवार सामान्य श्रेणी में नहीं जा सकता

और प्रदेश मे आज से मॉनसून एक बार फिर हो जायेगा सक्रिय